आईपीएल में आज कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

आज हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर बापू के विचारों पर रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आजादी चाहने वाले देशों के लिए एक उदाहरण बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित होगी भारतीय समय के अनुसार प्रधानमंत्री का संबोधन शाम करीब साढ़े छह बजे होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के पचहतरवें सम्मेलन की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविंड संकट से निपटना राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ इकसठ नए कोरोना संकमित मिले हैं वहीं एक हजार दो सौ सतर लोग स्वस्थ भी हए हैं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सतहतर हजार सात सौ नौ हो गई है वहीं चौसठ हजार पांच सौ पंद्रह कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं कोरोना से अब तक राज्यभर में छह सौ इकसठ संक्रमितों की मौत हो चुकी है वर्तमान में बारेह हजार पांच सौ तैतीस सक्रिय मरीज राज्य में हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार झारखंड में स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव शून्य दो प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत इक्यासी दशमलव सात शून्य प्रतिशत से अधिक है वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर एक दशमलव छह शून्य प्रतिशत है जबकि झारखंड में यह शून्य दशमलव आठ चार प्रतिशत है स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के निर्देश पर आज से बिना अनुमति रैपिड एंटीजन टेस्ट करने वाले लैब और अस्पतालों की जांच की जाएगी जांच के लिए उड़नदस्ता गठित किया गया है जिसमें पांच सदस्य शामिल किए गए हैं विभाग को पूर्व में जानकारी मिली थी कि बिना विभागीय अनुमति के कई निजी अस्पतालों और लैबों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने रांची के सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है कि जिला जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रैपिड एंटीजन जांच करने वाले लैब और अस्पतालों की सूचना आम लोगों के लिए प्रसारित करे राजधानी रांची में आज पच्चीस स्थानों पर कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया गया है इसमें शहरी क्षेत्र में दस और ग्रामीण में पंद्रह जगहों पर कोरोना जांच के लिए नमूना एकत्र किया जा रहा है सभी केंद्रों पर सुबह दस बजे सैंपल लिये जा रहे हैं जो शाम छह बजे तक लिये जाएंगे आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे केंद्रों पर जाकर अपना सैंपल दें साथ ही अपना नाम पता और फोन नंबर की जानकारी सही सही उपलब्ध कराएं जमशेदपुर के साकची में कल कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया गया युवा संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में विधायक सरयू राय ने कहा कि समय के साथ हमें अपने आप को बदलना पडेगा हमें कोरोना के साथ तालमेल बैठाकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर नर्स और सफाई कर्मी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए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

इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन को समुचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा आयकर विभाग ने संपर्क रहित अपील निस्तारण की प्रक्रिया शुरु कर दी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की विज्ञप्ति के अनुसार अब आयकर की सभी अपीलें ऑनलाइन निपटाई जाएंगी हालांकि बड़े टैक्स घोटाले कर चोरी गहन जांच के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपीलों पर पुराने तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी करदाता अपनी सुविधा अनुसार आयकर वमिाग से मांगी गई सूचना अपने घर से ही डिजिटल माध्यम से भेज सकता है संपर्क विहीन अपील प्रक्रिया में आयकर के सभी मामले आंकड़ों के विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे झारखंड सरकार ने राज्य के ठेका मजदूरों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी है यह निर्धारण परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के आधार पर किया गया है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल मजदूरों को प्रतिमाह आठ हजार दो सौ चालीस रुपए वेतन दिया जाएगा पहले यह दर छह हजार पांच सौ पचास रुपए थी वहीं दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर महंगाई भत्ते के साथ तीन सौ सोलह रुपए होगी सभी वर्गो के मजदूरो के लिए यह एक अप्रैल दो हजार बीस से लागू होगा पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोगों को रोजगार देने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है

झारखंड उच्च न्यायालय ने नवरात्र से पहले रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर आम श्रद्वालओं के लिए खोलने पर राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है कल दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नवरात्रि से पहले आम श्रद्वालुओं के लिए मंदिर खोलने या नहीं खोलने पर निर्णय करे इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रुति श्रेष्ठ ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि मंदिर के बंद रहने से श्रद्वालु पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं साथ ही मंदिर से जुड़े आसपास के लोगों और दुकानदारों के जीवनयापन पर भी असर पड़ रहा है सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी का खरीफ फसलों की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है

सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनें और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बडे क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है सूबे के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में पूरी तरह से कृत संकल्प है और इस निमित्त कारगर पहल करते हुए सरकार ने लेबर नेट कंपनी के साथ एक करार किया है जिसके माध्यम से मजदूरों के उनके कौशल के हिसाब से उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा वे कल शाम सिमरिया में सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना की चली महत्वपूर्ण मैराथन बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे

इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया आईपीएल में चेन्नई की यह लगातार दूसरी हार है अबूधाबी में आज कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

पहले यह माना जा रहा था उपचुनाव की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी लेकिन नहीं हो हुई

बुंडू थाना क्षेत्र में कल देर रात एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया

मुख्यमंत्री राहत कोष में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दस लाख रुपए का चेक सौंपा गया है पीएनबी रांची दक्षिणी के मंडल प्रमुख दीपक कुमार श्रीवास्तव और रांची उत्तर के मंडल प्रमुख रतिकांत त्रिपाठी ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें चेक सौंपा